केन्द्र सरकार ने रबी की फसलों की कटाई और गर्मी की फसलों की बुवाई सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है जिससे लॉकडाउन के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो कृषि बीमा सुविधा को सुचारू बनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वह संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वह फसल कटाई प्रयोग के सहसाक्षी के तौर पर उपस्थित रह सकें पादप उत्पादों के निर्यात आयात के लिए प्रमाणीकरण जारी है बागवानी फसलों की आसान आवाजाही के लिए उत्पाद को थोक विक्रेताओं मंडी संघों और राज्य बागवानी मिशनों के साथ तालमेल बनाया गया है ताकि सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके

घर से काम कर रहे फार्म टेली एडवाइजर्स के नंबरों पर कॉल को भेजकर किसानों की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

ये उजागर होगा प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीटर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविता आओ फिर से दीये जलाएं का वीडियो साझा किया दुपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का नेह निचोड़ें बुझी हुई बाती सुलगाएं आओ फिर से दिया जलाएं हम पड़ाव को समझे मंजिल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के मोहपाश में आने वाला कल न भुलाएं आओ फिर से दिया जलाएं

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कल रात नौ बजे दोप या मोमबत्ती जलाते समय एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेामाल न करें

मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से इस आपदा के दौरान जरूरतमंदों की मदद के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विरूद्ध लड़ाई लम्बी है इसके लिये स्वास्थ विभाग को और मजबूत किया जाना आवश्यक है इस कार्य में यह फंड सहायक सिद्ध होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड केयर फंड के माध्यम से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने का काम किया जायेगा

मास्क जरूरी प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को दो मास्क देने पर विचार कर रही है आज उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मास्क मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के कडे निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन लोगों ने आश्रय स्थलों में शरण ली है या जहां भी प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया जा रहा है वहां ये काम समय से होना चाहिए उन्होंने कहा कि ये जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि दोपहर और शाम के भोजन के समय का पालन सुनिश्चित हो

वरना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

ये ट्रिपल लेयर मास्क खादी से बने होंगे जाएंगे और उन्हें धुलने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा ग्रामीण इलाके के लोगों को अपने मुंह पर गमछा लगाने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिस्तरों और वेंटीलेटरों की उपलब्धता संबंधी सभी तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यहार और पुलिसकर्मियों पर हमले के मुद्दे पर श्री तिवारी न कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासका लगाया गया है बाइट जनता से हमारी अपेक्षा है कि हमें अपना प्ररा सहयोग प्रदान करें और सहयोग मिल भी रहा है

राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को प्रशासन को सूचना देनी चाहिए और जांच के बाद स्वयं को क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को समाज के धार्मिक गुरूओं और प्रभावशाली व्यक्तियों से बात करने तथा काराना वायरस से संघर्ष में उनकी मदद लेने का निर्देश दिया है

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों एवं गरीबों के लिये घोषित आर्थिक पैकेज के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों म धनराशि हस्तांतरित की जायेगी जिसके चलते प्रदेश के कोषागारों के साथ साथ सभी बैंकों में छह और दस अप्रैल को घोषित अवकाश निरस्त कर दिया गया है प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी